राज्य सरकार की ओर से गुर्जर समुदाय के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रण

सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर डॉ एसपी सिंह ने बताया है कि सरकार की ओर से गठित मंत्रिमण्डलीय समिति ने राज्य सरकार की ओर से गुर्जर समुदाय के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रण दिया है

इस बीच गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार से कहा है कि जब तक गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा इधर आन्दोलन के कारण दिल्ली मुंबई रेलमार्ग बाधित है इस रूट पर सभी ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए है कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है जबकि अनेक गाड़ियों के मार्ग बदले गए है आंदोलन का असर अन्य जिलों में भी देखा जा रहा है अजमेर में कल देर रात गुर्जर समुदाय के लोगों ने राजमार्ग पर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया जानकारी के अनुसार नरेली स्थित देवनारायण मन्दिर में आज गुर्जरों की एक बैठक होने की संभावना है पुर्लिस और प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किये है धरना स्थल पर वजवाहन और एसटीएफ की कम्पनी तैनात कर दी गई है और प्रदेश के अन्य गूर्जर बहुल क्षेत्रों में भी पुलिस गश्त लगा रही है इस बीच गूर्जर आरक्षण आंदोलन से बिगड़ी स्थिति को देखते हुए आज आयोजित होने वाली कृषि पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षायें स्थगित कर दी गई हैं उधर राज्य मानवाधिकार आयोग ने गुर्जर आंदोलन का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आंदोलन से प्रभावित लोगों के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी कल तक देने को कहा है

इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जागरूकता रैलियाँ निकाली जा रही है बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि रैली के आयोजन के साथ ही सप्ताह के दौरान हई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने कल जयप्र में एक समारोह में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस वर्ष खेल मंत्रालय ने प्रदेश को खेलों के विकास के लिए एक सौ करोड रूपये दिए है चित्तौडगढ़ फोर्ट फेस्टिवल की आज से शुरूआत हो गई है तीन दिन तक चलने वाले उत्सव की शुरूआत शोभायात्रा से हई जिसे सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने हरी झंडी दिखाई हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्सव के दौरान कई रोचक प्रतियोगिताएं और आकर्षक कार्यक्रम होगें